उन्होंने अधिकारियों को ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि हैलीपोर्ट के बन जाने के बाद उडान ट योजना के तहत जुब्बडहटटी के बजाय इस हैलीपोर्ट पर हैलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा दी जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तेरह के हैलीपोर्ट प्रत्येक जिला मुख्यालय में विकसित किए जाएंगे बाद में उन्होंने कालीबाड़ी के समीप बैंटनी कैसल का दौरा कर पुनर्सुधार कार्यों की समीक्षा की बागवानी प्रदेश में बागवानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित एच पी शिवा परियोजना तैयार की है योजना के तहत प्रदेश को फल राज्य बनाने पर सौ करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर के अनुसार परियोजना का मुख्य उददेश्य हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करना है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

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केन्द्रों में प्रवेश और निकॉसी की अलग व्यवस्था और देखमाल करने वालों के लिए स्वच्छता उपायों का प्रबंध जरूरी है

बिंदल भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में इस मॉनसून में नींबू के एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पौधे वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है

राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ये एक कारगर कदम साबित होगा

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर नमो ऐप पर भेज सकते हैं बिक्रम ठाकूर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के स्वाणा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व सुधारीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है बिक्रम ठाकूर ने कोटला में पौधरोपण भी किया विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की कोविड जांच नहीं हो रही है उन्होंने मौजूदा हालात में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने को निर्णय को भी गलत करार दिया है माकपा दूसरी ओर माकपा ने राजधानी शिमला सहित प्रदेशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गम्भीर चिंता जताई है

पार्टी ने सरकार से महामारी से निपटने के लिए ठोस रणनीति के साथ कार्य करने की मांग की है पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में प्रवेश के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए